नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है साथ ही नदियों के तटीय इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है गरियाबंद जिले में बीते अट्ठारह घंटों से बारिश का दौर जारी है पहली ही बारिश में पैरी और सोंदूर नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोत्तरी हुई है पैरी नदी पर बना सिकासेर बांध आधे से अधिक भर चुका है पानी की लगातार आवक को देखते हुए बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं और यहां से एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिला प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं इसी तरह धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध में आज सुबह ग्यारह बजे तक की स्थिति में छह हजार एक सौ ग्यारह क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है इस बांध में बीते पंद्रह घंटों के दौरान साढ़े पांच हजार क्यूसेक पानी की आवक बढ़ी है इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने को कहा है वहीं धमतरी नगर में कलेक्टोरेट परिसर और कई रिहायशी बस्तियों में पानी भर गया है महासमुंद जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है जिले के नदी नालों के साथ खेतों में भी पानी भर गया है रिहायशी इलाकों और सड़कों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है जिले में अब तक पचयासी मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है वहीं राजनांदगांव जिले में भी बीती रात से लगातार बारिश हो रही है

नगर निगम ने सभी वार्डो में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है साथ ही जिला प्रशासन द्वारा डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है वहीं बालोद जिले में अनवरत बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और नदी नाले उफान पर हैं बालोद की निचली बस्तियों में पानी भर गया है वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के टेंगना बरपारा स्थित चोरहानाला के पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया इसके चलते यहां आवागमन बाधित हआ है इधर राजधानी रायपुर में भी कल रात से ही लगातार हो रही बारिश के कारण निचली बस्तियों के साथ ही कई सड़कों पर भी पानी भर गया है रायपुर में आज सुबह से अब तक करीब सैंतालीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और उसके आसपास एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है उत्तरी छत्तीसगढ़ और प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है

इसके अनुसार प्रदेश में एक जून से अब तक दो सौ छह दशमलव दो मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है भुकंप अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार जगदलपुर से एक सौ बाईस किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में तीन दशमलव छह मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है इसका केन्द्र ओडिशा में नबरंगपुर के पास था भूकंप के झटके आज शाम करीब चार बजकर चालीस मिनट पर महसूस किए गए

आज राजनांदगांव जिले से भी एक विधायक कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी होम आइसोलेट कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डोंगरगढ़ विधायक किस तरह संक्रमित हुए इसकी जांच की जा रही है इसके साथ ही विधायक के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारेंटाइन करने के साथ ही उनकी कोरोना जांच भी कराई जाएगी इस बीच खबर मिली है कि डोंगरगढ़ विधायक आज विधानसभा में एक बैठक में भी शामिल हुए थे प्रश्न और संदर्भ समिति की इस बैठक में उनके अलावा छह और विधायकों तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव ने भाग लिया था डोंगरगढ़ विधायक के अलावा आज राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजीटिव पंद्रह नये मरीज मिले हैं इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन ने शहर में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित की जाएंगी किराना और सब्जी व्यवसायियों को घर पहुंच सेवा देनी होगी लॉकडाउन के दौरान पुलिस पार्टी लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर रखेगी शहर के गौरी नगर शंकरपुर बजरंगपुर और नवागांव सहित अन्य क्षेत्रों से अब तक कुल सत्तर कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं स्थिति पर नियंत्रण के लिए महापौर हेमा देशमुख ने आज पार्षदों और निगम अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई उन्होंने शहर की सफाई के साथ ही सभी वार्डों को सैनिटाईज करने के निर्देश दिए साथ ही एहतियात बरतते हुए राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय में आज से तीन दिनों तक आम लोगों पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है महापौर ने कहा कि अगर लोगों को किसी तरह की परेशानी होती है तो वे फोन पर ही अपनी समस्या बता सकते हैं राजनांदगांव कृषि उपज मण्डी में भी गुरूवार तक उपज की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है

जिला चिकित्सालय के अनुसार बीएसएफ के ये जवान हाल ही में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं वहीं गरियाबंद जिला अस्पताल का एक लैब टेक्नीशियन पॉजीटिव पाया गया है अस्पताल को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है जिले में अब तक मिले कुल छब्बीस मरीजों में से दस मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं इधर बेमेतरा जिले में दो बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें से पहला मामला मुलमुला गांव का है जहां पांच वर्षीय एक बालिका संक्रमित पाई गई है इस बच्ची की मां में भी कोरोना संक्रमण मिला है वहीं हरियाणा से अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ लौटा एक ग्यारह वर्ष का बालक भी पॉजीटिव पाया गया है यह परिवार साजा ब्लॉक के सोमईकला गांव का रहने वाला है उधर कांकेर जिले में भी कोरोना पॉजीटिव दो मरीज मिले हैं इनमें गढ़पिछवादी गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला भी शामिल है जो कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटी थी वहीं हरियाणा से जुनवानी गांव आया एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है इस बीच प्रदेश में कल बीती रात तक एक सौ उनतालीस नये मरीज मिले थे वहीं महासमुंद के कोविड चिकित्सालय में अलग से कोरोना लैब बनाने की तैयारियां की जा रही हैं इससे जिले के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाएगी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस लैब के स्थापना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इस सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित पंचानवे विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं तैंतीस विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच दर कम होने की वजह से कुछ विकासखंडों को सक्रिय प्रकरण नहीं होने के बाद भी अॅरेंज जोन में शामिल किया गया है कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर और प्रति एक लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते इक्कीस जून तक की स्थिति के आधार पर किया गया है प्रति सोमवार इसे नये सिरे से वर्गीकृत किया जाता है

अब यह योजना आगामी सितंबर महीने तक लागू रहेगी पहले यह तीस जून को समाप्त हो रही थी इसके तहत बाईस लाख स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को पचास लाख रुपये की बीमा सुरक्षा दी जाती है इनमें कोरोना मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं इस योजना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संचालित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है डॉक्टर नर्स अर्ध चिकित्साकर्मी सफाईकर्मी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारी बीमा सुरक्षा के तहत आते हैं वार्ड ब्वॉय आशा कार्यकर्ता और तकनीशियनों को भी इसमें शामिल किया गया है इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा लाभार्थी के अन्य बीमा सुरक्षा योजना से अलग होगी रेस्टोरेंट होटल बार कोरोना संक्रमण से आम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट होटल बार और क्लब अट्ठाईस जून तक बंद रहेंगे यह आदेश आज वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया है हालांकि इससे पहले जारी आदेश में इक्कीस जून तक रेस्टोरेंट होटल बार और क्लब को बंद रखने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब यह अवधि बढ़ा दी गई है राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं श्रमिक वापसी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों का अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला लगातार जारी है इसी कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिये अमृतसर से अट्ठारह सौ तिरासी मजदूर चांपा पहुंचे इनमें जांजगीर चांपा जिले के अट्ठारह सौ अट्ठारह रायगढ़ जिले के तिरसठ और कोरबा के दो मजदूर शामिल हैं जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उनके गृह ग्राम में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया है बोर्ड परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे साथ ही हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परिणाम भी जारी किए जाएंगे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम कल सुबह ग्यारह बजे राजधानी रायपुर से यह परिणाम घोषित करेंगे कोरोना संक्रमण की वजह से सतर्कता बरतते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता कर रिजल्ट की जानकारी देंगे परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं भाजपा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं आयोजित की जा रही हैं इसी कड़ी में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बलरामपुर जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में विश्व मंच पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने जिला जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज कोंडागांव नारायणपुर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर और कांकेर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है जो देश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है तबादला राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के तेईस अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी की है वन सेवा अधिकारी एसएस बजाज को लघु वनोपज संघ का अपर प्रबंध संचालक बनाया गया है वहीं पीसी पांडेय अब अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजन बनाए गए हैं जबकि रायपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एसएसडी बड़गैय्या को कांकेर वृत्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है श्री बड़गैय्या के स्थान पर कांकेर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक जनकराम नायक को रायपुर का प्रभार दिया गया है इसी तरह कौशलेन्द्र कुमार को राज्य वन अन्संधान और प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है रथयात्रा कल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा है पूरे देश में हर साल भक्ति भाव और उत्साह से रथयात्रा का आयोजन किया जाता है और हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरता जाएगा इसके तहत अनेक स्थानों में इस बार जगन्नाथ रथयात्रा नहीं निकाली जाएगी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सौहार्द भाई चारे और एकता का प्रतीक मानी जाती है वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे एक जगह भीड़ लगाने से बचें उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ की आराधना करें

एलओएस की इस महिला माओवादी ने जिले के पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया वहीं जिले के ही भोपालपट्नम और गंगालूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर अपहरण की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है

इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दूरस्थ इलाकों में रिथित गांवों में घर घर जाकर मलेरिया की जांच कर लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करेगी

योग प्रश्नोत्तरी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की है उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न योग पद्धतियों के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है